विधानसभा विशेष सत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा दो दिनों का यह सत्र आगामी दो और तीन अक्टूबर को होगा

इस कार्य को संपन्न करने के लिए सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है यह समिति जिला स्तर पर सर्वेक्षण कार्य की निगरानी और समन्वय करेंगी केन्द्रीय स्तर पर यह सर्वेक्षण कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम औरं क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा गौरतलब है कि आर्थिक गणना का यह कार्य कॉमन सर्विस सेंटर की ओर से नियुक्त प्रगणकों द्वारा बीते सोलह अगस्त से किया जा रहा है इसके आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां और विकास की योजनाएं बनाई जाएंगी खेल पुरस्कार राज्य खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों प्रशिक्षकों और निर्णायकों के चयन के लिए आज अंतरिम सूची जारी कर दी गई है यह सूची संचालनालय खेल और युवा कल्याण विभाग ने जारी की

इसी प्रकार मुख्यमंत्री ट्राफी के तहत सीनियर जूनियर वर्ग सायकल पोलो में दस दस खिलाड़ियों का चयन किया गया है वीर हनुमान सिंह पुरस्कार निर्णायक के लिए कोई भी उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण किसी भी नाम की अनुशंसा नहीं की गई है मुख्यमंत्री धमतरी प्रदेश में पहली बार सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के लिए नगरी विकासखंड के जबर्रा ग्राम पंचायत को मान्य किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल धमतरी जिले के दुगली में आयोजित ग्राम सुराज और वनाधिकार मड़ई में जबर्रा ग्राम सभा को वनाधिकार पत्र प्रदान किया मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि जबर्रा में पांच हजार तीन सौ बावन हेक्टेयर क्षेत्र भूमि को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के तहत दिया गया है इससे ग्राम पंचायत को अपनी पारम्परिक सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित जंगल के सभी संसाधनों पर मालिकाना हक मिलेगा इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले में छब्बीस लघु वनोपज केंद्र खोलने और कुकरेल तथा भखारा को तहसील का दर्जा देने की घोषणा की उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन की अपार सम्भावनाओ के मद्देनजर यहां इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे यहां अधिक से अधिक पर्यटक आएं और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले उन्होंने धमतरी के श्यामतराई सहित प्रदेश के सभी जिलों में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में राजीव गांधी स्मृति औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की उन्होंने कहा कि ग्रामीण यवाओं में सामाजिक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को बढ़ाने तथा संचालित करने के लिए राज्य के बीस हजार गांवों में राजीव गांधी युवा मितान क्लब बनाए जाएंगे कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद पीएलपुनिया पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव और वन मंत्री मोहम्मद अकबर शामिल थे जन चौपाल प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए लोगों ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याएं बताई मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जन चौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर की मिनीगोल्फ खिलाड़ी रंजीता खलखो को अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए एक लाख रूपये की स्वेच्छा अनुदान राशि देने की घोषणा की रंजीता का चयन आगामी अक्टूबर महीने में चीन के जंजुग में आयोजित मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के लिए हुआ है

इन माओवादियों पर कई गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप है पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुकमा जिले में चिंतागुफा इलाके से सात और बीजापुर जिले के भैरमगढ़ और उसूर से चार माओवादियों को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पकड़ा जा सका ठगी आरोपी गिरफ्तार छत्तीसगढ़ पुलिस ने कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिये बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रूपये की ठगी करने वाले आरोपी को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि आरोपी ने छत्तीसगढ़ तमिलनाडु उत्तरप्रदेश और हरियाणा समेत आठ राज्यों में बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रूपये की ठगी की है आरोपी के पास से पंद्रह बैंक खातों सहित लेनदेन संबंधी कई अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शेख आरिफ ने बताया कि दीपक कुमार नाम के इस आरोपी ने एस एससी से मिलते जुलते नाम के एक संस्थान के जरिये बाटर मैन और स्वीपर पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए थे अगवा बालक बरामद स्कूल जाते समय कल दुर्ग से अगवा किया गया बालक मौलिक साहू देर रात राजनांदगांव में वापस मिल गया पुलिस की कड़ी नाकेबंदी के कारण अपहरणकर्ता इस बालक को हाईवे स्थित सोमनी थाना के सामने छोड़कर भाग निकले आरोपियों और बच्चे को अगवा किए जाने के बारे में अब तक किसी तरह की जानकारी नहीं मिल पाई है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने खुद मौलिक के घर जाकर उसके परिजनों को उसे सौंप दिया गौरतलब है कि कल सुबह धनोरा गांव में रहने वाला साढे चार वर्षीय बालक मौलिक साहू का स्कूल वाहन से मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात युवकों ने अपहरण कर लिया था सीसीटीवी कैमरे से मिले फुटेज और पूछताछ से मिली सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक प्रखर पांडेय के नेतृत्व में आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह टीम भेजी गई रात करीब तीन बजे मौलिक थाने के बाहर सकुशल मिला हलषष्ठी संतान की लंबी आयु की कामना से जुड़ा हलषष्ठी का पर्व आज प्रदेशभर में परंपरा के अनुसार मनाया जा रहा है इसे कमरछठ भी कहा जाता है इस मौके पर माताओं ने व्रत रखा और मिट्टी का छोटा कुंड बनाकर प्रजा अर्चना की पूजा सामग्री के रूप में धान अरहर मक्का गेहूं महुआ लाई और पसहर चावल चढ़ाया गया साथ ही व्रत रखने वाली महिलाओं ने हलषष्ठी व्रत की कथा भी सुनी गौरतलब है कि हलषष्ठी व्रत के दिन माताओं के लिए हल से जुते हुए खेत का अनाज और सब्जी ग्रहण करना वर्जित होता है आज के दिन महुआ का दातून करने की भी परंपरा भी है हलषष्ठी के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों विशेषकर महिलाओं को श्भकामनाएं दी हैं श्री बघेल ने सभी बच्चों के स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए प्रदेशवासियों से अपील की है कि छत्तीसगढ़ से कुपोषण को दूर करने के लिए सुपोषण महाभियान को जनभागीदारी से सफल बनाया जाए

उनके निधन पर राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शोक जताया है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम और सहकारिता के क्षेत्र में स्वर्गीय लाखे के योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की है

जैसी कि खबर दी जा चुकी है बीते सोलह अगस्त को श्री बापट का निधन हो गया था

इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जाती है घायलों का इलाज मनेन्दगढ़ बैकुंठपुर और केल्हारी के उप स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है